राज्य में करोना टीकाकरण का लक्ष्य नहीं हो रहा पूरा स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण में तेजी लाने का दिया निर्देश भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा ट्वेंटी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में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

प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है परीक्षा पे चर्चा छात्रों के लिए एक तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने का कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे परीक्षा योद्वा आंदोलन का हिस्सा हैं इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण है और इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रू ब रू होंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र अध्यापक या अभिभावक माई गोव इनोवेट प्लेटफार्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं

प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा विजेताओं में से छात्रों के एक छोटे समूह को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने और उनसे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा प्रत्येक विजेता को प्रधानमंत्री के साथ लिए गए उसके फोटोग्राफ पर भी श्री मोदी के हस्ताक्षर वाला एक प्रतीक चिन्ह डिजिटल रूप से दिया जाएगा इधर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों और अभिभावकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए आज रजिस्टेशन का अंतिम दिन है उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम का लाभ उठायें

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं

पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे श्री सिन्हा ने दो हजार अट्ठारह में भाजपा छोड़ दी थी उनके बेटे जयंत सिन्हा झारखण्ड के हजारीबाग से भाजपा से लोकसभा सांसद हैं इस अवसर पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है हमारे मूल्य और सिद्धांत खतरे में हैं उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को व्यवस्थागत तरीके से कमजोर किया जा रहा है इसलिए उन्होंने दोबारा राजनीति में आने का फैसला किया है श्री सिन्हा ने कोलकाता में तृणमूल का झंडा थाम कर पार्टी की सदस्यता ली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करने की शपथ ली

यह प्रस्ताव छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है जिसमें विशेष हेलिकॉप्टर और सी प्लेन मार्ग शामिल हैं सागरमाला सी प्लेगन सेवा के तहत बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के परामर्श से कुछ नये मार्गो के प्रस्ताव भी दिये गये हैं

इनमें पांच हेलिकॉप्टर और दो वाटर एयरोड्रॉम सेवाएं शामिल हैं क्षेत्रीय मार्ग संयोजन योजना उडे देश का आम नागरिक नागर विमानन मंत्रालय की एक अग्रणी योजना है इसका उद्देश्य विमान यात्रा को सस्ता बनाना है यह योजना देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने रोजगार के अवसर बढ़ाने और विमान यात्रा सुविधा विकसित करने के इरादे से शुरू की गई है नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा संचालन कंपनियों से कहा है कि लगातार चेतावनी के बावजूद जो यात्री मास्क उचित ढंग से नहीं पहनते उन्हें विमान से उतार दिया जाना चाहिए महानिदेशालय ने कहा कि यात्रियों के लिए कोविड नियमों का कडाई से पालन करना जरूरी है महानिदेशालय ने कहा है कि हवाई यात्रा करने वाले क्छ लोग कोविड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं ये लोग उचित ढंग से मास्क नहीं पहनते हैं और प्रवेश द्वारों पर परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का भी पालन नहीं हो रहा है

राज्य में शनिवार को सताईस हजार पचीस लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जा सका जबकि इसका लक्ष्य सैंतालीस हजार तीरानब्बे था इनमें पन्द्रह हजार एक सौ एकसठ लोगों को कोरोना टीका का पहला डोज दिया गया है वहीं ग्यारह हजार आठ सौ चौसठ लोगों को कोराना टीका का दूसरा डोज दिया गया

इसके लिए उन्होंने विभाग सहित निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण करने को कहा है साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाको में भी टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है

कम समय में यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में से भारत एक है

वर्तमान में देश में कोविड के करीब दो लाख दस हजार मरीज इलाजरत हैं जो अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों का एक दशमलव आठ पांच है

झारखण्ड में कोरोना संकमण के मरीज फिर से मिलने लगे हैं पिछले सप्ताह एक से सात मार्च तक राज्य में कोरोना संकमण की दर शुन्य दशमलव चार प्रतिशत थी जो विगत पांच दिनों में बढ़कर शुन्य दशमलव चार सात प्रतिशत हो गई है वहीं राजधानी रांची में यह एक दशमलव आठ नौ प्रतिशत पर पहंच गई है विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि झारखण्ड के लिए ये खतरे की घंटी है आने वाले पन्द्रह बीस दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे चिकित्सकों ने सुझाव दिया है कि आगामी दिनों में हमे विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है

डॉक्टर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में कोरोना संकमण पर नियंत्रण करने के लिए बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखनी होगी होली के दौरान विशेष सर्तकता बरतने की जरूरत है सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ ही मास्क और सैनेटाइजर का उपयोग भी करना होगा पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है दुर्गम इलाकों में प्रशासन की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से उन इलाकों में सड़कों को दुरुस्त करने एवं सड़क संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है जिले के अधिकांश इलाके वनों से आच्छादित होने की वजह से उन इलाकों में सड़क निर्माण को लेकर वन विभाग की अनापत्ति मिलने में कठिनाई होती है इस कारण जिले में एक समन्वय समिति बनाई गई है जो इन प्रस्तावों की तकनीकी त्रुटियों के निराकरण के लिए काम करेगी इसमें सारंडा पोड़ाहाट और कोल्हान वन प्रमंडलों के पदाधिकारी समेत ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड मुख्यालय के आत्मा भवन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रागी की खेती का प्रशिक्षण दिया गया इसमें कृषि वैज्ञानिक सुरेंद्र कुमार मुंडा ने रागी के फसल पर किसानों को पूर्ण जानकारी दी उन्होंने कहा कि इसमें काफी पोषक तत्व होते हैं इसे उपजाने के लिए कम पानी एवं कम मेहनत की आवश्यकता होती है किसान आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं एवं अधिक मुनाफा कमा सकते हैं

इसके लिए उन्होंने कुचाई प्रखंड के सभी किसानों को इसमें शामिल होने को कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि और झामुमो के सचिव पंकज मिश्रा के रिश्तेदार की हत्या कर शव को महादेवगंज के पास अम्बाडीहा में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था

इसके बाद पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोद्दा के नेतृत्व में पुलिस ने कल रात अंबाडीहा से शव को बरामद किया पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन कर रही है सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बुरुडीह गांव की एक महिला और उसके पति ने बीरवांस परिवार परामर्श केंद्र की शाखा कार्यालय से डायन प्रताड़ना से राहत दिलाने की मांग की है उन्होंने परामर्श केंद्र की संचालिका छुटनी महतो से शिकायत कर लोगों की प्रताड़ना से बचाने का आग्रह किया है

चयनित खिलाड़ियों में सिमडेगा के रीतिक रोशन लकड़ाअमित बारू निर्मेश तिर्की सुमित बरवा विशाल लकड़ा कमल चीक बड़ाईक अमित तिर्की बिनित टोप्पो कुलदीप बारला व नवल टाटा हॉकी एकेडमी से चयनित होने वाले सिमडेगा के खिलाड़ी दीपक सोरेंग एडिसन मिज असीम एक्का अभिषेक तिग्गा शामिल हैं टीम में अन्य खिलाड़ियों में प्रभात समद जेम्स नाग सुखनाथ गुड़िया एवं निमित्त डोडराय शामिल हैं भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टवेंटी टवेंटी क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा आकाशवाणी से मैच का आंखो देखा हाल शाम छह बजकर तीस मिनट से एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा